इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए नए विश्वविद्यालय स्थापित करना समय की मांग है मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव की मांग पर आश्वासन दिया कि सागर में भी विश्वविद्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा

ये घोषणा जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आज विधानसभा में की श्री शर्मा कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना के प्रश्न का जवाब दे रहे थे

उन्होंने ये भी पूछा कि जनसंपर्क विभाग और माध्यम समानांतर क्यों काम कर रहे हैं मध्यप्रदेश माध्यम वित्तीय अनियमितताओं का शिकार है युवा वैज्ञानिक सफलतापूर्वक प्रेक्षेपित किए गए महत्वकांक्षी चंद्रयान दो मिशन में प्रदेश के एक युवा वैज्ञानिक ने भी अहम किरदार निभाया है इनका नाम प्रियांशु मिश्रा है उमरिया जिले के चंदिया तहसील के रहने वाले श्री मिश्रा इसरो के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई आंतरिक्ष केन्द्र में पदस्थ हैं

प्रियांशु के पिता विनोद कुमार मिश्रा चंदिया में रहते हैं और वर्तमान मे वे कृषि कार्य करते है

गुना कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने इस उपल्ब्ध पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरी टीम को बधाई दी है

सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं इस अवसर पर भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम को आकाशवाणी भोपाल के उपनिदेशक अभियंता धर्मेन्द्र क्मार श्रीवास्तव और पूर्व निदेशक महावीर प्रसाद सिंह ने संबोधित करते हये देश के विकास में आकाशवाणी की भूमिका पर प्रकाश डाला विश्वविद्यालय के कुलपति दीपक तिवारी ने ने आकाशवाणी से अपनो संबंधों का उल्लेख करते हये मौजूदा दौर में भी रेडियो के महत्व को रेखाकिंत किया है मौसम पिछले एक सप्ताह के मौसम पर नजर डाली जाये तो यह देखने में आ रहा है कि मानसून रूठ सा गया है राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के समाचार मिलते रहे हैं लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल तो धिरे रहे लेकिन बारिश नहीं हुई मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद ठीक रफ्तार पूरे देश पर छा रहा था लेकिन हिमालय की तराई की ओर एक द्रोणिका बन जाने से मानसून हिमालय की तराई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा जिसके कारण प्रदेश में अभी तक अच्छी वर्षा नहीं हो पाई है मौसम केन्द्र का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवात और हवा के कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण अगले कुछ दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है

लगभग पूरे प्रदेश में आसमान आंशिक मेघमय रहा कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी भी दर्ज की गई बारिश की लम्बी खेंच से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं और फसलों को वक्त पर पानी नहीं मिल पा रहा है साथ ही मौसमी बीमरियां बढ़ने से आम जन भी प्रभावित हो रहे हैं

कुछ देर बाद विधानसभा में विश्वासमत पर मतदान होने के आसार है

यह हादसा टायर के फट जाने से हुआ